प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना पर अमल में मध्यप्रदेश देश में अव्वल

आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों की संख्या की लिहाज से दुनिया भर में पहले स्थान पर है भारत राफेल पांच राफेल जेट विमानों की पहली खेप आज अंबाला पहंचेगी एक सीट वाले तीन और दो सीट वाले दो विमानों के इस बेड़े को हरियाणा के अंबाला वायुसेना केन्द्र में भारतीय वायु सेना में शामिल किया जाएगा फ्रांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट द्वारा निर्मित फाइटर जेटों ने सोमवार को दक्षिणी फ्रांस के बोर्डो में मेरिग्नैक एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भरी थी

मोदी बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की आर्थिक रूपरेखा और कार्य योजना पर विचार विमर्श करेंगे प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तीकरण ऋण सहयोग और प्रभावी वितरण वित्तीय क्षेत्र की मजबूती के उपायों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श होगा बैंकिंग क्षेत्र कृषि सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यमों सहित स्थानीय निर्माण इकाइयों को वित्तीय सुविधा और सहयोग देकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वित्तीय समावेशन प्रोद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी विचार विमर्श में शामिल होंगे पीएम स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के कियान्वयन के प्रत्येक चरण में देश में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है

वेबिनार में शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और सांसद जेपी नड्डा सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए रैपिड टेस्ट प्रदेश सरकार भी अन्य राज्यों की तर्ज पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरूआत करने जा रही है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल रायसेन में बताया कि इसकी शुरूआत भोपाल और मुरैना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जायेगी

उन्होंने बताया कि यह टेस्ट उन लोगो पर किया जायेगा जिनमें कोरोना के लक्ष्ण नजर नही आ रहे हैं कैबिनेट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल देश की पहली वर्चअल कैबिनेट बैठक हुई वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों ने विभिन्न स्थानों से भागीदारी की मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर चंबल प्रोगेसवे होगा

अगले चरण में इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगी योजना के तहत इन चयनित गांवों के प्रत्येक घर में पाइप लाइन के माध्यम से षुध्द पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है बाघ दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत का पहले स्थान पर होना इस बात का सुचक है कि यहां इनके संरक्षण के कारगर प्रयास किए गए हैं

बाघ दिवस के मौके पर प्रदेश में आज राज्य स्तरीय आयोजन भोपाल के वन विहार राज्य उद्यान में आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम में वनमंत्री क्वर विजय शाह प्रमुख रूप से शामिल होंगे

वहीं जीव विज्ञान समूह में मधु को प्रदेश में तीसरा स्थान मिला है मधु ने कमजोर आर्थिक स्थिति के बाद भी कड़ी मेहनत कर अपनी प्रतिभा को साबित किया